शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्थित डॉक्टर परमार की प्रतिमा पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने प्रष्यांजलि अर्पित की इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि डॉक्टर परमार न केवल एक राजनीतिज्ञ थे बल्कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका जीवन मूल्य पर आधारित था उन्होंने डॉक्टर परमार के जीवन और कार्यों से प्रेरणा लेने की ज़रूरत पर बल दिया जलशक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकूर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री समेत कई अन्य गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद रहे विधानसभा परिसर में भी श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया बाद में एक अन्य समारोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर ने कहा कि राज्य सरकार डॉक्टर परमार के सपनों को साकार करने के लिए प्रयासरंत है उन्होंने कहा कि परमार ने प्रदेश की मजबूत नींव रखते हुए ये सुनिश्चित किया कि हिमाचल प्रदेश देश के अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए एक आदर्श बनकर उभरे दूसरी ओर सोलन में स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल और नाहन में सांसद व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने डॉक्टर परमार को श्रद्धांजलि अर्पित की प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने पार्टी मुख्यालय शिमला में श्रद्वासुमन अर्पित किए अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकूर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज बिलासपुर में विकास कार्यों व योजनाओं की समीक्षा की उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में ज़िला प्रशासन द्वारा किए गए प्रयासों से लोगों को किसी तरह की असुविधा नहीं हुई उन्होंने कहा कि प्रशासन ने महामारी की रोकथाम और इसे नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं अनुराग ठाकुर ने अधिकारियों को विकास कार्य पूरा करने के लिए एक समय सीमा तय करने के निर्देश दिए

राजस्व राजस्व मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकूर ने अधिकारियों को विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं उन्होंने विभाग से जीपीएस आधारित मापन और भू लेख प्रबंधन के लिए केन्द्र सरकार से प्रदेश को भिली राशि की रिपोर्ट तैयार करने को कहा है उन्होंने जमीन हस्तांतरण की शक्तियों का सरलीकरण करने पर भी बल दिया महेन्द्र सिंह ठाकुर ने लोगों की सुविधा के लिए विभाग में सुधार के लिए सुझाव भी आमंत्रित किए हैं दिशा निर्देश केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अनलॉक थ्री के तहत कल से खुलने वाले जिम व योग केन्द्रों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं इन केन्द्रों के संचालकों को जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है मंत्रालय के अनुसार कंटेनमेंट जोन में जिम और योग केन्द्र नहीं खुलेंगे

इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना सुनिश्चित बनाना होगा और फेस कवर व मास्क पहनना अनिवार्य है राम मंदिर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए कल होने वाले भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे भूमि पूजन से पहले जारी तीन दिन के अनुष्ठानों के दूसरे दिन आज छह घंटे का विशेष राम रचा अनुष्ठान किया जा रहा है आज शाम होने वाले दीपोत्सव की तैयारियां जोरो पर हैं और सरयू के घाटों को बेहद खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है मुख्य सचिव मुख्य सचिव अनिल खाची ने कहा है कि सरकार प्राकृतिक खेती कर रहे किसानों की सर्टिफिकेशन करवाएगी शिमला में एक बैठक में उन्होंने कहा कि किसानों को उत्पाद का सही दाम मिले इसके लिए सर्टिफिकेशन जरूरी है उन्होंने प्राकृतिक खेती उत्पादों का मार्का तैयार करने पर बल दिया ताकि इन्हें पहचान भिल सके